प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों की संख्या छह करोड़ से अधिक हुई

और प्रदेश में कड़ाके की ठंड के कारण जनजीवन प्रभावित

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आरोप लगाया है कि कांग्रेस की राज्य सरकारों ने अपने वादे के अनुसार किसानों के सभी कर्ज माफ नहीं किए हैं किसानों के कर्ज माफ किए जाने पर प्रधानमंत्री ने कहा कि ऋण की समस्या का यह आदर्श समाधान नहीं है कल एक समाचार एजेंसी के साथ भेंटवार्ता में उन्होंने कहा कि उनकी सरकार किसानों के जीवन में सुधार के लिए ईमानदारी से प्रयास कर रही है

बीज से लेकर बाजार तक सारी व्यवस्थाओं को सुविधा देना

जो फालतू दवाई डालता था

और इसलिए ये सब चुनावी स्टंट किये जा रहे हैं फिर भी अगर राज्य सरकारें करती हैं इस समस्या का समाधान दूर करने के लिए भारत सरकार कमेटिड है

प्रधानमंत्री ने जीएसटी के बारे में कहा कि इससे कर प्रणाली आसान हुई है उन्होंने यह भी कहा कि सरकार ने आम आदमी के फायदे के लिए बारह सौ वस्तुओं पर कर की दरें कम की हैं

तो ऐसी जितनी बातें हमारे सामने आती हैं हम जीएसटी काउंसिल में रखते हैं जीएसटी काउंसिल उसका सरलीकरण में हम मिल बैठककर आगे बढ़ते हैं तो इसलिए हम लगातार जीएसटी सरल बने जीएसटी कंज्यूमर के बैनिफिट्स को एक प्रकार से सुरक्षित रखे उस दिशा में चलते चले जा रहे हैं उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायड् ने आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के छह करोड़वें लाभार्थी को गैस कनेक्शन दिया इस अवसर पर उपराष्ट्रपति ने रसोई गैस के इस्तेमाल के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की सराहना की उन्होंने कहा कि उज्ज्वला योजना दुनिया में गरीबी उन्मूलन का सबसे बड़ा कार्यक्रम है उन्होंने कहा कि मई दो हजार चौदह तक उज्जवला योजना पचपन प्रतिशत लोगों तक पहुंची थी जबकि पिछले दिसंबर में इसकी पहुंच नब्बे प्रतिशत लोगों तक हो गई है उन्होंने इस बात पर खुशी जाहिर की कि दिसंबर तक एक करोड़ तीन लाख लोगों ने रसोई गैस सब्सिडी छोड़ दी थी जिसने बेहद गरीब वर्ग तक उज्ज्वला योजना का विस्तार करने में मदद की विधि और न्याय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने आज कहा कि सरकार निचली अदालतों के लिये जजों के चयन के लिये अखिल भारतीय न्यायिक सेवा के गठन की दिशा में प्रयासरत है श्री प्रसाद ने आज लोकसभा में एक पूरक प्रश्न के उत्तर में कहा कि इससे संघीय ढांचे का अतिक्रमण नहीं होगा

रेल मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि पिछले साढ़े चार सालों के दौरान अन्य सरकारों की तुलना में बिहार में ढाई गुणा से अधिक निवेश किया है श्री गोयल ने कहा कि पटना के आर ब्लॉक से लेकर दीघा तक की रेल की जमीन बिहार सरकार को सौंपकर रेलवे ने राज्य सरकार की एक पुरानी मांग को पूरा किया है उन्होंने कहा कि इस जमीन पर सड़क बन जाने से पटना की यातायात समस्या का काफी हद तक समाधान हो जायेगा रेल मंत्री ने कहा कि दीघा सोनपुर जेपी सेतु के निर्माण में भी रेलवे ने अपने कोटे से जमीन देकर सरकार की मदद की है श्री गोयल ने कहा कि उनका मंत्रालय बिहार के विकास में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बैंक ऑफ बड़ौदा में दो अन्य बैंकों देना बैंक और विजया विलय की मंजूरी दे दी है इससे तीनों बैंकों के बुनियादी ढांचे और विभिन्न गतिविधियों तथा सेवाओं में बेहतर तालमेल हो सकेगा यह विलय इस साल पहली अप्रैल से लागू हो जाएगी सरकार ने आश्वस्त किया है कि इन बैंकों के कर्मचारियों के वेतन भत्ते और सेवा शर्तें पहले जैसी ही बनी रहेंगी बिहार विधान मंडल का बजट सत्र ग्यारह फरवरी से शुरू हो रहा है यह सत्र बीस फरवरी तक चलेगा आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए इस बार विधानमंडल का बजट सत्र छोटा रखा गया है राज्य मंत्रिमंडल ने आज इस आशय के प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के गृह जिले नालंदा के दीपनगर थाना क्षेत्र अंतर्गत मघड़ा सराय गांव में राजद नेता की हत्या से आक्रोशित उपद्रवियों ने हत्या आरोपी के पुत्र सहित दो लोगों की पीट पीटकर हत्या कर दी पिटाई के कारण गंभीर रूप से घायल एक युवक का अस्पताल में इलाज चल रहा है असामाजिक तत्वों ने इस दौरान आरोपी के घर और आसपास खड़े वाहनों को फूंक दिया गौरतलब है कि कल देर रात राजद नेता और स्थानीय व्यवसायी इंदल पासवान की गोली मारकर हत्या कर दी गयी थी अपर पुलिस महानिदेशक मुख्यालय कुंदन कृष्णन ने कहा है कि इस मामले में दोषियों की गिरफ्तारी के लिये छापेमारी की जा रही है उन्होंने कहा कि क्षेत्र में स्थिति पूरी नियंत्रण में है और बड़ी संख्या में पुलिस बल को तैनात कर दिया गया है मुजफ्फरपुर जिले के अहियापुर थाना क्षेत्र के नोनपुर गांव में एक सैप जवान की पीट पीटकर हत्या का मामला प्रकाश में आया है प्रलिस ने बताया कि आपसी विवाद में सैप जवान चंद्रभूषण ठाकुर की अज्ञात लोगों ने लाठी डंडे से पिटाई कर दी इलाज के दौरान जवान की मौत हो गयी पुलिस मामले की छानबीन कर रही है प्रदेश में कड़ाके की ठंड और कनकनी के कारण जनजीवन प्रभावित है कई स्थानों पर न्यूनतम तापमान पांच डिग्री सेल्सियस के नीचे बना हुआ है मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार गया आज राज्य का सबसे ठंडा स्थान रहा जहां का न्यूनतम तापमान चार डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया पटना का न्यूनतम तापमान सात दशमलव नौ डिग्री जबकि पूर्णिया का छह दशमलव चार रिकार्ड किया गया मौसम विभाग ने अगले चार दिनों तक प्रदेश में मौसम शुष्क रहने और दिन के समय धूप खिली रहने का पूर्वानुमान व्यक्त किया है हालांकि सुबह और शाम के समय ठंड और कनकनी जारी रहेगी बेगूसराय की निचली अदालत ने पूर्व मंत्री मंजू वर्मा की जमानत याचिका खारिज कर दी है पूर्व मंत्री ने अपर जिला और सत्र न्यायाधीश के समक्ष आर्म्स एक्ट मामले में जमानत अर्जी दी थी उप मुख्यमंत्री सह वन और पर्यावरण मंत्री सुशील कुमार मोदी ने कहा है कि राज्य में बर्ड फ्लू नियंत्रण में है और इसके मनुष्यों में संक्रमण फैलने की कोई आशंका नहीं है आज पटना में विभागीय बैठक के बाद श्री मोदी ने कहा कि पटना के संजय गांधी जैविक उद्यान का बरेली से निरीक्षण करने आयी उच्च स्तरीय समिति के सुझावों पर अमल किया जा रहा है उन्होंने बताया कि पंद्रह जनवरी को एक बार फिर जैविक उद्यान के पक्षियों के रक्त और अन्य नमूने राष्ट्रीय उच्च सूरक्षा पशु रोग संस्थान भोपाल भेजा जायेगा इस रिपोर्ट के निगेटिव आने के बाद ही जैविक उद्यान को आम लोगों के लिये खोला जायेगा मुंगेर के बहुचर्चित एके सैंतालीस राइफल तस्करी मामले में जिले के मुफस्सिल थाना क्षेत्र अंतर्गत वरधे गांव में छापेमारी करने पहुंची पुलिस ने दो हथियार तस्करों को गिरफ्तार किया है पुलिस अधीक्षक गौरव मंगला ने बताया कि दोनों तस्कर सगे भाई हैं मौके से छह देशी पिस्तौल तेरह अर्द्वनिर्मित मैगजीन पांच कारतूस और हथियार बनाने के कई उपकरण भी बरामद किये गये सूचना और प्रसारण मंत्रालय तथा महिला और बाल विकास मंत्रालय के संयुक्त तत्वावधान में आज पटना में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत लोक और पारंपरिक कलाकारों के उन्मुखीकरण के लिये एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया कार्यशाला को संबोधित करते हुए स्थानीय विधायक संजीव चौरसिया ने कहा कि सामाजिक परिवर्तन के क्षेत्र में इस योजना ने महत्वपूर्ण भूमिका निभायी है समारोह को राज्य महिला विकास निगम की प्रबंध निदेशक एन विजयालक्ष्मी पीआईबी पटना के अपर महानिदेशक एसके मालवीय और निदेशक दिनेश कुमार ने भी संबोधित किया

प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों की संख्या छह करोड़ से अधिक हुई

और प्रदेश में कड़ाके की ठंड के कारण जनजीवन प्रभावित